मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश निवेशकों के साथ करें पूरा सहयोग और यूजर फ्रेंडली प्रवृति रखें स्लग अटल आयुष्मान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का श्भारंभ किया

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें यह योजना राज्य सरकार की ओर से लागू की जा रही है

उन्होंने आशा जताई कि यह योजना आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित होगी

इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभाथियों को स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किये गये एक लाभार्थी सुरेश दास ने बताया कि वह इस योजना से जुड़कर बेहद खुश है सुरेश दास ने कहा कि अब वह भी अपने परिवार का निशुल्क ईलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकेगा कार्यक्रम में प्राईवेट अस्पतालों के साथ राज्य सरकार ने अनुबंध भी किया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

आकाशवाणी समाचार से एक विशेष भेंटवार्ता में मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय की इन आश्रय गृहों के लिए प्रत्येक राज्य में एकल परिसर स्थापित करने की योजना है श्रीमती गांधी ने कहा कि केरल से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई आश्रयगुहों में गलत हो रहा है इसलिए प्रत्येक राज्य में एक आश्रयगुह हो जहां सभी परित्यकत बच्चों को रखा जाये जहां से उन्हें गोद भी लिया जा सकेगा और इसकी निगंरानी एक एजेंसी करेगी

उन्होंने विभागों की योजनाओं से होने वाले लाभ की समीक्षा की उन्होंने केन्द्र पोषित योजनाओं में अब तक उपयोग किये गये बजट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तुरंत केन्द्र में भेजने के निर्देश दिये ताकि अवशेष केन्द्रांश शीघ्र जारी हो सके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आगामी बजट में प्रस्तावित की जाने वाली योजनाओं पर भी चर्चा की बैठक में अधिकारियों ने वित्त मंत्री को विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी स्लग मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को निवेशकों के साथ सहयोगी भूमिका और यूजर फ्रेंडली प्रवृत्ति से कार्य करने के निर्देश दिये हैं देहरादून में सिंगल विंडो सिस्टम और इज ऑफ डइंग बिजनेस की बैठक में मुख्य सचिव ने उद्यमियों से विभिन्न विभागों द्वारा लिये गये सुझावों पर फीड बैक मांगा इस पर उद्यमियों और संगठनों ने बताया कि कुछ विभाग आवेदनों पर बार बार आपत्तिया लगाते हैं जिससे समय सीमा में आपत्तियां निस्तारण में देरी होती है मुख्य सचिव ने उद्यमियों के आवेदनों पर अनावश्यक आपत्तियां नहीं लगाने और अतिरिक्त सूचनायें बार बार न मांगे जाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकरण में आपत्ति है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि निवेशक उसका एक बार में ही निराकरण कर सके मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों से अपने अपने विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की चेकलिस्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित करने उदयमियों संगठनों से विचार विमर्श कर पोर्टल में सुधार करने के भी निर्देश दिये

यह पदक उन्हें गृह राज्यमंत्री किरण रिजूजी ने प्रदान किया सुबोध कुमार चंदोला को सम्मान मिलने पर उनके गृह क्षेत्र बागेश्वर में खुशी की लहर है वे सशस्त्र सीमा बल के ग्वालदम प्रशिक्षण संस्थान में डिप्टी फील्ड आफिसर माउंटेनियरिंग के पद पर तैनात हैं

श्री चंदोला ने मांउट एवरेस्ट समेत हिमालय के डेढ़ दर्जन से अधिक गगनचुंबी चोटियों में सफलतापूर्वक राष्ट्रीय ध्वज और एसएसबी का ध्वज फहराया है

आज का दिन दुनियाभर में इसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं प्रदेश में भी राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष सामूहिक प्रार्थना सभा हुई इस दौरान विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई विशेष प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु के आदर्शों से लोगों को अवगत कराया गया इस अवसर पर कैरल भी गाए गए

उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड की धरोहर हैं और देश की आजादी के आंदोलन में उनका अग्रणी योगदान रहा है मुख्यमंत्री ने कहा की वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली ने आन्दोलनरत निहत्थी जनता पर गोली न चलाने का आदेश देकर महान देशभक्ति का परिचय दिया था भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधारशिला रखी

हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी राज्यपाल ने कहा कि मदन मोहन मालवीय ने समाज में हिं क्षा की अलख जगाई